इस दौरान कोरोना प्रोटोकाल का पालन अनिवार्य होगा हालांकि कक्षाएं नहीं लगाई जाएंगी

शिक्षकों को अब स्कूल नियमित रूप से आना होगा कोविड संक्रमण से बचाव के लिए स्कूलों को स्वास्थ्य विभाग की मानक संचालन प्रक्रिया का सख्ती से पालन करना होगा इस संबंध में शासन ने आदेश जारी कर दिए हैं

इसके बाद से वे सड़क मार्ग से बड़ौद जाएंगे मुख्यमंत्री महिदपुर तहसील के इन्दौख बांध का लोकार्पण भी करेंगे

लोग अपने विचार नमो एप या माइजीओवी ओपन फोरम पर भी साझा कर सकते हैं

मिश्रा कोविड गृह जेल और संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दतिया जिला अस्पताल में नवीन कोविड आईसीयू सेंटर आईसीयू चाइल्ड मदर यूनिट का उद्घटान किया

आईसीयू सेंटर बनने से दतिया जिले के कोरोना मरीजों को अब इलाज के लिए बाहर नहीं जाना होगा

वहीं नवासी हजार से ज्यादा स्वस्थ हो चुके हैं

चेन्नई और मुंबई चौथी बार पहले मैच में आमने सामने थे और चेन्नई ने दूसरी बार जीत दर्ज की है आईपीएल का दूसरा मैच आज दिल्ली कैपिटल्स और किंग्स इलेवन पंजाब के बीच शाम साढ़े सात बजे से दुबई में होगा

इससे तापमान में गिरावट के साथ ही लोगों को उमस से राहत मिली रायसेन सीहोर सतना नौगांव में भी गरज चमक के साथ बारिश हुई

मौसम केंद्र के अनुसार आज इंदौर उज्जैन होशंगाबाद रीवा शहडोल जबलपुर सागर और भोपाल संभागों के जिलों में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है वहीं ग्वालियर चंबल संभागों में मौसम शुश्क रहने की संभावना है वहीं राज्य के अन्य स्थानों पर गरज चमक की स्थति बन सकती है

साथ ही स्टेशन को सबसे स्वच्छ स्टेशन की लिस्ट में टॉप टेन में जगह मिली है

ग्रामीण आजीविका मिशन की जिला प्रबंधक नीलिमा सिंह ने बताया कि कार्यक्रम में महिला स्व सहायता समूहों को ऋण वितरित किया जायेगा